प्रवासी वापसी प्रदेश में प्रवासियों के लौटने का दौर जारी है

श्री बगोली ने कहा कि सूरत अहमदाबाद प्णे बंगल्रु आदि स्थानों से प्रवासियों को लाने के लिए ट्रेन के लिए भी बात हई हैं राजस्थान से भी ट्रेन की बात चल रही है उत्तराखण्ड के प्रवासी लोगों को लाने के लिए ट्रेन बस का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है

यहां पर स्वास्थय परीक्षण के बाद उन्हें उनके गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया गया जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है

अन्य जिलों में भी प्रवासियों का लौटना जारी है घर वापस आन्ने वाले सभी लोग सरकार की व्यवस्थाओं से ख्श नजर आये

चारों मरीज उधम सिंह नगर जिले के हैं

राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि ग्रामीण महिलाओं को जैविक कृषि जड़ी ब्टी स्थानीय हस्तशिल्प के क्षेत्र में आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है आज राज्यपाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कन्फेडरेशन ऑफ आल इण्डिया ट्रेडर्स कैट के कार्यक्रम को संबोधित किया यह ऑनलाइन सम्मेलन कैट से ज्ड़ी महिला उद्यमियों के लिये आयोजित किया गया था राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की ध्री हैं और देश के विभिन्न भागों में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने उत्तराखण्ड का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे यहां की महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं राज्यपाल ने महिला उद्यमियों की लॉकडाउन से संबंधित समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों से महिला उद्यमी जुड़ी थीं

हालांकि अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर हो चुका है

हरिदवार जिले में लगभग सौ फार्मा कंपनियां दवाओं का निर्माण कर रही हैं जिनकी आपूर्ति विदेशों में भी की जा रही है उत्तराखंड फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव अनिल शर्मा का कहना है कि यहां पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवा का निर्माण भी हो रहा है जबकि मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ा दिया गया है पीपीई किट का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है

फार्मा कंपनी में बीपी ऑपरेशन के पद पर कार्यरत सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यस्थल पर आने से पहले कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जाता है साथ ही विशेष प्रकार की ड्रेस मास्क हेड कवर पहनकर ही उन्हें काम पर लगाया जाता है

साथ ही छह लाख रुपये की लागत से एक हजार बाइस किट और खाद्यान्न वितरित किये हैं बागेश्वर में रेड क्रॉस के सचिव आलोक पांडे ने कहा कि द्रस्थ इलाकों तक लोगों को खाद्यान्न बांटा जा रहा है